्वाल यौन अपराध संरक्षण संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित ्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा प्रदेश में बेहतर सड़क तंत्र तैयार करने के लिये नई तकनीक काम में ली जाये

अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के निपटारे के लिए उच्चतम न्यायालय आज मध्यस्थता समिति द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर सुनवाई करेगा मध्यस्थता समिति ने कल शीर्ष अदालत में स्थिति रिपोर्ट सौंप दी थी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एफ एम कलीफुल्ला की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने सील बंद लिफाफे में मध्यस्थता में हुई प्रगति के बारे में रिपोर्ट सौंपी इसी रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष अदालत यह तय करेगी कि अयोध्या के विवादित जमीन मामले में मध्यस्थता प्रक्रिया जारी रखी जायेगी या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू होगी मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एस ए बोबर्ड डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर की संविधान पीठ करेगी

राज्य सभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है विधेयक में बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों को मृत्यू दण्ड सहित कारावास की सजा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है बच्चों की अश्लील फिल्म बनाने पर रोक लगाने के लिए विधेयक में ऐसे लोगों के खिलाफ पांच साल तक की कैद की सजा और जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है दोबारा यही अपराध करने पर सात साल तक की सजा होगी और जुर्माना लगेगा विधेयक में बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित भी किया गया है

पाकिस्तान ने अपने यहां कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को राजनयिक सहायता उपलब्ध कराने के बारे में भारत को प्रस्ताव भेजा है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कमार ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी पाकिस्तान को अमरीकी हथियार की बिक्री पर प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने दिल्ली में अमरीकी राजदूत के साथ यह मामला उठाया है साथ ही वाशिंगटन में भारतीय राजदूत के माध्यम से इस मामले को अमरीकी सरकार के साथ भी उठाया गया है भारत ने पाकिस्तान को अमरीकी सैन्य सहायता पर गहरी चिन्ता व्याक्त की है

राज्यपाल और कुलाधिपति कल्याण सिंह ने जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति गुलाब सिंह चौहान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है गौरतलब है कि श्री चौहान ने क्लपति पद का त्यागपत्र राज्यपाल को भिजवाया था

उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कल जयपुर में रोड सैक्टर पॉलिसी संबंधित एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही

श्री पायलट ने निर्देश दिए कि द्र्घटना सम्भावित स्थानों की पहचान और उन्हें दुरुस्त किए जाने सम्बंधी रोड सेफ्टी ऑडिट पर जोर दिया जाए सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए विभिन्न सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट दूर करने के काम में भी तेजी लायी जाए साथ ही प्रदेश में रिथित सभी पुलों की नियमित सेफ्टी ऑडिट आवश्यक रूप से करवाई जाए उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को देश के अन्य राज्यों में काम में ली जा रही तकनीकों का अध्ययन करवाने के निर्देश दिए

जूनियर और सीनियर वर्ग के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं हुई

मौसम विभाग के अनुसार अजमेर बांसवाड़ा बारा ब्रंदी भीलवाड़ा चित्तौडगढ धौलप्र डूंगरपुर झालावाड कोटा प्रतापगढ राजसमंद सवाईमाधोपुर सिरोही टोंक और उदयपुर में भारी बारिश होने का अनुमान है इस बीच भीलवाडा उदयपुर और सीकर पाली और कोटा में हल्की बारिश के समाचार हैं वहीं अजमेर में कल तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ

बूंदी में दोपहर में एक घंटा तेज बरसात हुई बीकानेर में भी तेज तूफान के बाद आई बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया